केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपनी प्रमुख योजनाओं में आवंटित फंड का बीस प्रतिशत लगभग एक हजार करोड़ रूपये अनुदान के तौर पर देने का निर्णय लिया है जो इस महीने के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जायेगा इस अनुदान का उपयोग कोरोना संक्रमण से निपटने स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाएगा

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जनजातीय समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है इधर श्री मुंडा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव जनजातीय समुदाय में नगण्य है इसके बावजूद मंत्रालय राज्यों में जनजाति मामलों से संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है वे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें आदिवासी क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं की मदद से सफाई सामाजिक दूरी और मॉस्क पहनने के लिए जागरुक कर रही हैं झारखंड में पिछले दो दिनों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है राज्य में अब कुल अठाइस मरीज ठीक हो चुके हैं

अब वह पूरी तरह स्वस्थ्य हो गया है

बारह हजार सात सौ सत्ताइस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार पांच सौ अड़सठ रोगियों की इस महामारी से मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्ताइस दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है

सिमडेगा जिले के मजदूरों को बाहर के राज्यों में लाया जा रहा है कल ओडिषा से बारह मजदूरों को लाया गया

उपायुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम से भेजी जा रही बसे सभी जिलों के फसे मजदूरों को लाने के उद्देश्य से भेजी जा रही है उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोल्हान के तीनों जिलों को बसें भेजने का निर्देश है जिनके जरिए उन्हें वापस यहाँ लाकर उनके जिले में भेज दिया जाएगा लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने शर्तो के तहत कई योजनाओं का काम शुरू करने की मंजूरी दी है इसी कड़ी में बोकारो जिले के चास प्रखंड के आमडीहा गांव में मनरेगा के तहत डोभा का निर्माण कराया जा रहा है जिला प्रशासन इन मजदूरों के काम के दौरान निगरानी भी कर रहा है ताकि केंद्र के दिषा निर्देष का समुचित पालन हो डोभा निर्माण कार्य में लगे लाभुकों ने बताया कि मनरेगा के तहत काम मिलने से परिवार के पालन पोषण में सहूलियत हो रही है सरायकेला जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल पर डबल राइडिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया

मौके पर चार पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य करने पर नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी गया

केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को सात मई से चरणबद्व तरीके से स्वदेश लाने की पहली सूची जारी कर दी है संयुक्त अरब अमारात यूएई में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सात मई को दो विशेष उड़ानें भरी जायेंगी दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के अनुसार सात मई को पहली उड़ान अबूधाबी से कोच्चि और दूसरी दुबई से कोझीकोड जायेगी इधर गृह मंत्रालय के अनुसार विभिन्न देषों से वापसी विमान के अलावा समुद्री जहाजों से सुनिष्चित होगी इसके लिए सभी देशों के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को भुगतान करना होगा सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जायेगी गंतव्य पर पहुंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें चौदह दिनों तक सोषल डिस्टेसिंग में रखेगी चौदह दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और नियमानुसार आगे का निर्णय लिया जायेगा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

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन क्लकर्णी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इसकी जानकारी दी है उन्होंने बताया कि यह बीमा तीस मार्च से लागू होगा और तीस जून तक प्रभावी होगा

टेल्स ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड पॉजिटीविटी बोकारो कार्यक्रम के तहत सोमवार को भोजपुरी गायिका चंदन तिवारी के भजन और गीतों का उपायुक्त और सूचना जनसंपर्क विभाग के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया उपायुक्त मुकेश कुमार की पहल पर यह कार्यक्रम पिछले पंद्रह दिनों से चल रहा है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम किया जाता है

राज्यभर के विभिन्न जिलों में पीएम जनधन योजना के तहत लाभुकों के खाते में पांच सौ रूपये भेजे जाने से महिलाओं में ख्षी है ग्रमला सदर प्रखंड के सुद्रवर्ती गांव रघ्नाथपुर की महिलाओं ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है उधर धनबाद में भी कोरोना संकट के समय महिलाओं के खाते में जनधन की राषि भेजे जाने से उन्हें राहत मिली है लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों और जरूरतमंदों को हो रही समस्या के देखते हुए राज्यभर में राहत कार्य चलाया जा रहा है

सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अनिल कुमार राय ने लोगों को मास्क और सेनीटाईजर के सही इस्तेमाल का तरीका बताया और सेनिटाइजर इस्तेमाल के बाद आग से बचने की भी सलाह भी दी

इस दूर्घटना में चार लोग घायल हो गए बस में कल उन्नीस यात्री सवार थे